यह विधेयक संसद के शुक्रवार को समाप्त हुए मॉनसून सत्र में पारित हुआ था इसके कानून बन जाने से आयोग को अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों के संरक्षण का पूरा अधिकार मिल जायेगा अब इस आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के बराबर अधिकार मिल जायेंगे

उन्होंने खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि गांव का विकास करने के लिए तेज गति से कार्य किए जा रहे हैं श्री राठौड़ ने कहा कि गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा

श्री राठौड़ ने कहा कि पूरे जयपूर ग्रामीण क्षेत्र में सड़क और पानी को समस्याओं के साथ अन्य कार्य भी तेज गति से करवाए जा रहे हैं

सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे

बूंदी जिले में अल्प आय वर्ग के उन लोगों को विशेष तौर से इस योजना का फायदा भिला है जो आर्थिक मजबूरी की वजह से बीमा पॉलिसी नहीं ले पा रहे थे